झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बन चुके हिंदपीढ़ी इलाके से कल तीन नए मामले सामने आए हैं इसमें एक महिला और दो पुरूष शामिल हैं इस महिला ने दो दिन पहले ही सदर अस्पताल मे एक बच्ची को जन्म दिया है उस बच्ची को बेहतर देखभाल के लिए रिम्स के आईसोलेषन वार्ड में भर्ती कराया गया है रिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ वी कष्यप ने बताया कि इस बच्ची का आज कोरोना टेस्ट कराया जायेगा इधर जिला प्रशासन द्वारा सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमित प्रसूता का प्रसव कराने में शामिल सभी स्वास्थ्यकर्मियों की भी कोरना जांच कराई जा रही है गौरतलब है कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर बत्तीस हो गई है राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से सबसे ज्यादा सत्रह बोकारो से नौ हजारीबाग से दो और गिरिडीह धनबाद कोडरमा और सिमडेगा से एक एक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं इनमें से दो संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है मृतकों में एक रांची और एक बोकारो का था रोज्य में कोरोना संकमण के सैंपलों की जांच के लिए तीन टेस्टिंग लैब काम कर रहे हैं राज्य में लॉकडाउन के उल्लंघन करने के आरोप में अबतक विभिन्न थानो में आठ सौ अहाइस प्राथमिकी विभिन्न थानों में दर्ज की गई है इन प्राथमिकियों में तीन हजार चार सौ अदसठ लोगों को आरोपी बनाया गया है इन आरोपियों में से एक हजार छह सौ चौतीस को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चका है पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकडों के मुताबिक रांची में सबसे ज्यादा एक सौ छप्पन प्राथमिकी दर्ज की गई है वहीं जमशेदपुर में सबसे ज्यादा आठ सौ पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है जबकि यहीं से सबसे ज्यादा छह र्सो निन्यान्बे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इसके अलावा खुंटी में इक्तीस रामगढ में पांच लोहरदगा में आठ गुमला में सोलह सिमडेगा में सात जमशेदपुर मे इक्यासी चाईबासा में चालीस सरायकेला खरसांवा में बीस धनबाद में छियान्वे बोकारो में उनसठ पलामू में सत्तासी गढ़वा में तीस लातेहार में चार हजारीबाग में चौदह चतरा में उन्नीस कोडरमा में बीस गिरिडीह में छियालीस दमका में नौ जामताडा में छब्बीस साहेबगज में छह पाकड में पांच गोडड़ा में सोलह और देवघर में बाइस प्राथमिकी दर्ज की गई है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्रप्ता ने कहा है कि कोरोना जांच अधिक संख्या में कराने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है स्वास्थ्य मंत्री ने कल रिम्स में कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों को लेकर अधिकारियों और चिकित्सकों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि जांच में तेजी लाने के लिए अगर अतिरिक्त उपकरण लगाने की जरूरत हो तो उसे तुरंत लगाया जाए स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से बंद पडे सभी डायलिसिस केंद्रों को खोलने का निर्देश दिया ताकि किडनी रोगियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो स्वास्थ्य मंत्री ने लॉकडाउन की वजह से राज्य के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को देखते हए ज्यादा से ज्यादा लोगों से रक्तदान करने के साथ स्वास्थ्यकर्मियों को सहयोग करने का आग्रह किया बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नीतिन मदन कुलकर्णी और रिम्स निदेशक डाक्टर डीके सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे कोरोना महामारी को देखते हुए पूरे देष में लॉकडाउन जारी है इस वजह से लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गई है संकट के इस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन धन योजना के तहत लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से रुपए भेजे गए हैं जिससे लोगों को खाने पीने समेत अन्य जरूरी सामग्रियों को लेने में सहूलियत हो रही है हजारीबाग जिले की कसिया देवी ने बताया कि जनधन योजना की राषि मिलने से वे राषन समेत अन्य जरूरी सामान खरीद पा रही हैं वहीं सुनीता ने बताया कि जनधन योजना की मिली राषि से वे सभी जरूरतें को पूरी कर रही है कलेष्वरी देवी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अभी के हालात में जनधन योजना के तहत मिली राषि काफी उपयोगी साबित हो रही है कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से छोटे छोटे अपराधों में सात साल से कम सजा काट रहे एक सौ इक्कीस विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा यह जमानत सशर्त पैंतालीस दिनों के लिए होगी इस सिलसिले में कल अदालत में सुनवाई के बाद अट्टारह कैदियों को सशर्त निजी मुचलके पर रिहा किया गया वहीं डुमरडगा स्थित बाल सुधार गृह से भी तीन बाल कैदियों को रिहा किया गया इधर खुंटी जिले में भी व्यवहार न्यायालय ने उपकारो में बंद पंद्रह कैदियों को सषर्त जमानत दे दी है डालसा की सचिव मिताषा बारला ने बताया कि तैतीस बंदियों को जमानत देने संबंधित सूची बनाई गई थी लॉकडाउन की वजह से परेशानी झेल रहे विभिन्न रोगों के मरीजों को अब राहत मिलेगी राजधानी रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में सोमवार से ई ओपीडी की शुरुआत होने जा रही है रिम्स के निदेशक डॉ डीके सिंह ने बताया कि यह सुविधा सामान्य विभागों के साथ सुपर स्पेशियलिटी विभागों के लिए होगी लोग सुबह दस से दोपहर एक बजे तक व्हाट्स एप्प ई मेल और वीडियो ऑडियो कॉल के जरिए अपना स्क्रोनिंग करा सकेंगे उन्होंने बताया कि ई ओपीडी के लिए टॉल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच सात शून्य पांच छह पर फोन कर संपर्क कर सकते हैं इसके अलावा व्हाट्स एप्प और मैसेज के जरिए संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है

सीबीडीटी ने कहा कि आयकर विभाग ने आयकर दाताओं को लगभग चौदह लाख आयकर रिफंड जारी किया है लातेहार जिले में बीस अप्रैल से मनरेगा के तहत क्छ योजनाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य शुरू होगा ताकि मजदूरो को रोजगार मिल सके

लॉकडाउन के मद्देनजर गरीबों और जरुरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं इस सिलसिले में पंचायत स्तर पर चल रहे मुख्यमंत्री दीदी किचन को अब सभी सरकारी विद्यालयों में संचालित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके कृषि मंत्री बादल ने बताया कि पंचायत की बजाय विद्यालय स्तर पर मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन करने से संबंधित प्रस्ताव सरकार को भेजे गये है इन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की वजह से भोजन बनाने से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं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

रांची समेत राज्य के कई इलाकों में एकबार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है